नई दिलली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो ग्तरश ने प्रधानमंत्री को ये प्रस्कार प्रदान किया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि य् प्रस्कार सवा सौ करोड़ भारतवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि ये आदिवासी मछ्आरों और किसानों के प्रति सम्मान है उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्राचीन समय से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ नीति में भी प्रकृति विद्यमान है उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा ही प्रकृति को जीवंत माना है और पर्यावरण को जीवित सत्ता जो कि एक संत्लित परिसिथतिकी तंत्र पर कार्य कर रही है श्री अंतोनियो गुतरश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता है जो जलवाय् परिवर्तन से सम्बधित च्नौतियों को समझते है और जलवाय् से मिलने वाले लाभ को जानते है संयुक्त राष्ट् महासचिव अंतोनियो गतरश ने सभी देशों का आहवान किया है कि वोह आंतकवाद के खतते से निपटने एकज्ट जो जाये और मौसम के बदलाव की वैश्विक च्नौती पर काम करें

श्री ग्तरश ने कहा है िक भारत का वैश्विक चूनौतियों से निपटने के लिए मुख्य भूमिका निभानी है और ये भविष्य के बह धवीय विश्व का महत्वपूर्ण अंग है उन्होंने कहा कि भ्रमंडलीकरण निष्पक्ष होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जैसे विकासशील देश को पर्यावरण बदलाव से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए बढ़ते द्वष्कर्म मामलों पर उन्होंने कहा कि सारा विश्व प्रूष प्रधान है जबकि इसमें तबदीली आनी चाहिए द्वष्कर्म पर उन्होंने कहा कि ये एक अपराध है जिसे प्री सख्ती से निपटना चाहिए और द्वष्कर्म करने वाले को कड़ा दंड मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि द्वष्कर्म पीडिताओं को सहयोग करने की आवश्क्ता है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने आज भारत के प्रधान न्यायधीश के तौर पर शपथ ली राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन्हें प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई रंजन गोगोई ने न्यायमुर्ति दीपक मिश्रा का स्थान लिया है जो कि कल सेवा निवृत हए है

पंचक्ला के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने आज पत्रकारवार्ता में यह जानकारी देते हए बताया कि हरियाणा सरकार ने इस सारी वैक्सीन का खर्चा स्वयं वहन किया है और प्रदेश के सभी बच्चों को यह दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी

डेंग् को रोकने के लिये स्वास्थ्य विभाग ने विशेष प्रबंध किया है

हड़ताल को लेकर हिसार में कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने का काम बंद कर दिया और नगर निगम के बाहर धरना दिया

बोहत ने कहा कि जल्द ही सफाई कर्मचारी यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक कर अगले कदम की घोषणा करेगी जिसमें हड़ताल अनिश्चित कालीन भी हो सकती है जगाधरी व रादौर से भी नगर पालिका कर्मचारी संघ के आहवान पर सफाई कर्मचारियों के बेमियादी हड़ताल पर चल जाने की खबर है सिरसा में इस हड़ताल में अग्निशमक विभाग के कर्मचारी भी शामिल है हमारे संवाददाता ने बताया कि कर्मचारियों ने सिरसा नगर परिषद के बाहर धरना दिया

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि हड़ताल के दृष्टि उनकी ओर से सफाई की वैकल्पिक व्यवसथा की गई है कही भी कूड़े का ढेर इकद्वा नहीं होने दिया जायेगा हरियाणा की कई मंडियों धान की आवक श्रू हो गई है पलवल अनाज मंडी में धान की फसल की खरीद को लेकर मार्किट कमेटी पलवल ने प्ख्ता प्रबंध किये है ताकि धान की फसल की खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी न उठानी पड़े